प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आई पी एस प्रोबशनरी अधिकारियों से पूरी लगन से कार्य करने का किया आह्वान लखनऊ में आयोजित चार दिवसीय भारत अतंराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कल हुआ सम्पन्न केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री डॉ महेश शर्मा ने बच्चों से कहा वे वन्य प्राणियों के संरक्षण में निभाएं महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत और तजाकिस्तान परस्पर महत्वपूर्ण भागीदारी बढ़ाने पर सहमत हए हैं भारत ने तजाकिस्तान को विकास परियोजनओं के लिए दो करोड़ डॉलर का अनुदान देने की पेशकश की श्री कोविंद ने तजाकिस्तान की यात्रा के दूसरे दिन कल राष्ट्रपति इमोम अली रहमोन से मुलाकात की इस अवसर पर दोनों देशों ने राजनीतिक संबंधों अनुसंधान कृषि अक्षय ऊर्जा परम्परागत औषधियों अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी युवा मामलों संस्कृति और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किये श्री कोविंद ने शंघाई सहयोग संगठन में भारत की सदस्यता के लिए पूरा समर्थन देने पर तजाकिस्तान के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया राष्ट्रपति की यात्रा का समाचार देने गए हमारे सवांददाता की एक रिपोर्ट भारत ने तजाकिस्तानि के साथ गांव में सौर ऊर्जा की संभावनाओं का पता लगाने का फैसला किया है और इसके साथ ही ताजिक सेना के लिए दो अंग्रेजी भाषा के केन्द्र भी स्थापित किए जाएगे इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारत पडोसी अफगानिस्तान में अफगान लोगों की अगुवाई में उनके अख्तियार में और उनके द्वारा ही स्थापित होने वाली शांति और विकास के लिए प्रतिबद्ध है डिफ्सीय बातचीत से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दुशान में स्थित पैलेस ऑफ नेशन में सैनिक सम्मान दिया गया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस प्रोबेशनर अधिकारियों का आह्वान किया है कि वे समर्पित हो कर कार्य करें और अपनी जिम्मेदारियां पूरी दक्षता से निभाएं श्री मोदी कल नई दिल्ली में भारतीय पुलिस सेवा के वर्ष दो हजार सत्रह के बैच के एक सौ प्रोबेशनरी अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे प्रधानमंत्री ने उन तैंतीस हजार पुलिस कर्मियों के बलिदान का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने दायित्व के निर्वाह में अपनी जान न्यौछावर की थी बातचीत के दौरान सुशासन अनुशासन और आचरण महिला सशक्तीकरण और फोरेंसिक विज्ञान जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई प्रदेश में चार दिन से चल रहे भारत अतंराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने कहा कि हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश की गरीबी दूर कर सकते हैं उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से हमारे वैज्ञानिक नित्य नये नये अन्वेषण कर रहे हैं उससे शीघ्र ही हमारा देश आर्थिक महाशक्ति बन जायेगा श्री गड़करी ने कहा कि यह विज्ञान महोत्सव हमारे विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत के पास हर तरह की क्षमताएं मौजूद है उन्होंने देश में उद्योग कृषि और सेवा क्षेत्र को सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर बताया विज्ञान महोत्सव का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गत शनिवार को उद्घाटन किया था विज्ञान महोत्सव में हजारों की संख्या में वैज्ञानिकों विज्ञान के शिक्षकों और छात्रों ने भाग लिया विज्ञान महोत्सव का मुख्य आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में और विज्ञान से संबंधित अन्य द्सरे कार्यक्रम लखनऊ के विभिन्न संस्थाओं में आयोजित किये गये भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के अंतिम दिन कल विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को पुरस्कार प्रदान किये इन वैज्ञानिकों ने आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए शोध कार्य किए थे प्रदूषित जल को साफ करने की टिकाऊ तकनीक विकसित करने के लिए डॉक्टर वनिता प्रसाद को सेनेटरी नैपकिन के लिए एन विगनेश को पुरस्कृत किया गया इसोफेगियल कैंसर के मामले में शोध के लिए निशांत कुमार मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने के लिए डॉ अनुपमा सिंह आईओटी कमोडिटी कैमरा की डाटा एनालिसिस विकसित करने के लिए डॉ राजीव पांडे और प्राकृतिक फाइबर के क्षेत्र में शोध के लिए डॉ मुर्गन कोट्टाईसामी को पुरस्कार दिया गया हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें विद्यार्थियों ने दो विश्व रिकॉर्ड बनाये ये केले के डीएनए को अलग करने और प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण के बारे में हैं केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन राज्य मंत्री डॉ महेश शर्मा ने बच्चों से कहा है कि वे वन्य प्राणियों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निमाएं कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में वन्य प्राणी सप्ताह के राष्ट्रीय कार्यक्रम के समापन के अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हए श्री शर्मा ने कहा कि बच्चों की दुढ़ता को वन्य प्राणी संरक्षण के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है प्रदेश में एक अक्टूबर से शुरू हुए राज्य स्तरीय वन्य प्राणी सप्ताह का समापन समारोह लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान में आयोजित किया गया इस अक्सर पर वन एवं कन्यजीव विमाग की प्रमुख सचिव कल्पना अवस्थी ने विद्यार्थियों के योगदान और उनके अभिनव प्रयासों की सराहना करते हए उन्हें प्रेरित किया कि ये अगले वर्ष दो हजार उन्नीस में आयोजित होने वाले वन्य प्राणी सप्ताह के लिए नवीन गतिविधियों तथा अभिनव प्रयासों के लिए अभी से योजना तैयार करना शुरू कर दे इस अवसर पर उन्होंने प्राणि उदयान में दृष्टिबाधित बच्चों और व्यक्तियों के लिए ब्रेललिपि में तैयार किये गये बोर्ड का उदघाटन और नये बाड़ों का श्मारम्भ किया तथा प्राणि उदयान में विभिन्न वन्य प्राणियों को अंगीकृत करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित भी किया भारतीय वायुसेना कल अपना छियासीवां स्थापना दिवस मनाया इस अवसर पर गाजियाबाद के हिंडन वायुसेना अड्डे पर आयोजित समारोह में वाय्सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ ने कहा कि राफेल लड़ाकू विमान और एस चार सौ मिसाइलें हासिल करने से देश की वाय्सेना की क्षमता बहत बढ़ जाएगी श्री धनोआ ने राष्ट्र की स्रक्षा में वायुसेना के योगदान की सराहना की हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अक्सर पर रंगारंग परेड़ का आयोजन किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वायुसेना दिवस पर वायुसेना के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि हमारे लड़ाकू विमानों की मजबूत पकड़ और तत्परता पर हर भारतीय को गर्व है उन्होंने कहा कि वायुसेना पूरी प्रतिबद्वता और साहस के साथ देश की रक्षा करती है प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कृतज्ञ राष्ट्र वायुसेना के शूर्वीरों और उनके परिवारों को सलाम करता है उन्होंने कहा कि ये न केवल हमारे आकाश को सुरक्षित रखते हैं बल्कि आपदाओं के दौरान मानवता की सेवा भी करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंडोनेश्या में हो रहे एशियन पैरा गेम्स दो हजार अट्ठारह में भारतीय बैडमिंटन टीम को कांस्य पदक जीतने तथा टीम के सदस्य आईएएस श्री सुहास एलवाईको स्पर्धा के सेमीफाइनल में सिंगल्स मैच जीतने पर बधाई दी है मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री सुहास एलवाई और टीम के अन्य खिलाड़ियों ने लगन और परिश्रम के बल पर बेहतरीन प्रदर्शन करके प्रदेश और देश का मान बढ़ाया है बस्ती जिले में आज किसान शिवहर्ष महाविद्यालय के प्रांगण में केन्द्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग तथा जहाजरानी मंत्री नितिन गड़करी सात सौ पन्द्रह करोड़ रूपये की लागत से बनने वाला रिंगरोड रामजानकी मार्ग और जलमार्ग का उदघाटन करेंगे बस्ती के सांसद हरीश ट्विवेदी ने कहा कि बस्ती में रिंगरोड तथा जलमार्ग बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है श्री ट्विवेदी ने बताया कि उन्तालिस किलोमीटर लम्बे रिंगरोड को दो चरणों में बनाया जायेगा पहले चरण में चार सौ पचास करोड़ रूपये की लागत से चौदह किलोमीटर रिंगरोड का निर्माण हंडिया चौराहे से बेलाड़ी तक होगा उसके बाद बेलाड़ी से गोटवा तक दूसरे चरण का काम शुरू किया जायेगा कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे प्रदेश के पश्चिमी जिलों में डिफथिरिया रोग की निगरानी नियंत्रण तथा उपचार के विषय में जानकारी देने के लिए कल लखनऊ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया